इसमें आए संत समुदाय ने कार्यक्रम में श्री चौहान के कार्यों पर संतोष जताया उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार को साधु संत विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे संतों को जेल भिजवा दिया था श्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अगर नर्मदा संरक्षण की इतनी चिंता है तो उन्होंने नर्मदा मंत्रालय बनाने की मांग क्यों पूरी नहीं की

स्वीप अभियान विघानसभा निर्वाचन के लिए शत प्रतिशत मतदान हो इसके लिये प्रदेशमर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

आयोग ने भोपाल के जय प्रकाश चिकित्सालय में तीन साल से टीएमटी मशीन का लाभ मरीजों को न मिलने के मामले में जवाब मांगा है वहीं इसी अस्पताल में डॉक्टरों के अपने केबिन से नदारद रहने के कारण कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौटने के मामले में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से एक महीने में जांच प्रतिवेदन मांगा है

मूर्ति विसर्जन जबलपुर के ग्वारिघाट क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान निर्मित हुई तनाव की स्थिती अब नियंत्रण में है घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिती को सामान्य करवाया जिसके बाद मूर्ति विसर्जन का काम हो सका हमारी जबलपुर संवाददाता के मुताबिक नर्मदा नदी में एक मूर्ति विसर्जन को प्रसासन द्वारा रोकने को लेकर तनाव की स्थिती बन गई थी इस दौरान भीड़ की आगजनी और पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल हो गए थे